प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पंजाब में गुरूदासपुर के डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे की समन्वित जांच चौकी का उद्घाटन करेंगे इस समारोह से पहले श्री मोदी सुल्तानपुर लोधी में बेर साहिब गुरूद्वारा में मत्था टेकेंगे बाद में वे डेरा बाबा नानक में आयोजित जनसभा में भाग लेंगे जांच चौकी के उद्घाटन से भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान स्थित गुरूद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा में सुविधा होगी पिछले महीने की चौबीस तारीख को भारत ने पाकिस्तान के साथ इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे पिछले वर्ष नवम्बर में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीगुरू नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयन्ती के ऐतिहासिक अवसर को पूरे देश में समारोह पूर्वक मनाने का प्रस्ताव पारित किया था केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डेरा बाबा नानक से अतंर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण और विकास कार्य को मंजूरी दी थी ताकि भारतीय श्रद्धालु पूरे वर्ष आसानी से गुरूद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा कर सके भारत ने स्पष्ट किया है कि करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा पाकिस्तान से आ रही परस्पर विरोधी खबरों के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी श्री कुमार ने कहा कि श्रद्वालुओं को अपने साथ उन दस्तावेजों को रखना होगा जिनका उल्लेख समझौता ज्ञापन में किया गया है उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय समझौता दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई है पाकिस्तानी सेना ने कल कहा था कि करतारपूर साहिब आने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पासपोर्ट रखना जरूरी होगा इसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की थी कि भारतीय श्रद्धालुओं को केवल वैध पहचान पत्र जरूरी होगा

वह आज लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के बीसवें अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये इकहत्तर देशों से आये मंत्रिगण मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश कानून विद और संसद के स्पीकर को सम्बोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद विश्व में एकता शांति और मानवता को भलाई करने और संसार के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात करता है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी कल सांय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे भारतीय स्टेट बैंक ने आज से सभी तरह के ऋण की दरों में पांच आधार अंकों की कटौती कर दी है

नई दरें दस नवंबर से लागू होंगी इस वित्त वर्ष में स्टेट बैंक ने लगातार सातवीं बार ब्याज दरों में कमी की है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की डीआईएन अर्थात् डॉक्यूमेंटेशन आईडेंटिफिकेशन नंबर प्रणाली आज से लागू हो गई अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में ऐतिहासिक समझी जाने वाली दस्तावेज पहचान संख्या प्रणाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के निर्देश पर तैयार की गई है यह प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल पर आधारित है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले आज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने न्यायमूर्ति गोगोई के चैम्बर में मुलाकात की मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में संविधान पीठ अयोध्या में करीब दो दशमलव सात सात एकड़ जमीन के दशकों पुराने विवाद पर अगले सप्ताह फैसला सुना सकती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे इस मुद्दे पर भडकाऊ बयान जारी न करें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

उधर अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आने वाले फैसले के मद्दे नजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है धार्मिक नेताओं ने भी समुदायों से शांति बनाने रखने की अपील की है एक रिपोर्ट पुलिस ने कई जिलों में नागारिकों में विश्वास बहाली के मकसद से फ्लैग मार्च भी किया सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों को लेकर शांति कमेटियों का गठन भी किया गया है कल रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों और खासतौर पर अयोध्या की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और पुलिस अधिकारियों से तुरंत मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा उन्होंने कानून व्यवस्था संभालने में मदद के लिए लखनऊ और अयोध्या में एक एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने को भी कहा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ सभी जनपदों में प्रशासन और पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिये व्यवस्थाएं करने में जूटा है जगह जगह शांति समितियों की बैठके कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है अयोध्या मामले में शीर्ष न्यायालय के आने वाले फैसले के संबंध में शिया धर्म गुरू मौलाना सैय्यद कलबे जवाद नकवी ने सभी मुसलमानों से इस फैसले का सम्मान करने की अपील को है जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रतिक्रिया से परहेज करे

उन्होंने कहा कि फैसला किसी के पक्ष या खिलाफ हो हिन्दू और मुस्लिम दोनों अराजकता और आपसी मतभेद से बचे इस निर्णय को स्वीकार करना ही देशहित में हैं देवोत्थान एकादशी पर आज प्रदेश के विभिन्न भागों में लाखों श्रद्धालु पावन नदियों में स्नान कर रहे हैं यह दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है ब्रह्म मुहुर्त में ही श्रद्धालुओं ने गंगा यमना सरयु और मंदाकिनी के साथ ही प्रदेश की अन्य पवित्र नदियों में स्नान शुरु कर दिया और ये सिलसिला देर शाम तक जारी रहेगा वाराणसी में गंगा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही है एक रिपोर्ट सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही हर कोई इस मौके पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेताब नजर आया सबसे अधिक भीड़ दशाश्वमेध घाट शीतला घाट अस्सी घाट तुलसी घाट पंचगंगा घाट सहित शहर के प्रमुख घाटों पर देखने को मिली पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के ही दिन क्षीरसागर में चार महीनों के शयन के बाद भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए जागते हैं इसलिए इसे देवउठावनी एकादशी भी कहते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही आज से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी उधर चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर देवोत्थान दीपावली का आयोजन किया गया है देवोत्थान एकादशी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ द्वारा भोर से ही मंदाकिनी और यमुना नदी मे स्नान व दीपदान कर मंदिरों मे प्रजा अर्चना का क्रम जारी है

वाराणसी की तर्ज पर भव्य मंदाकिनी आरती का शुभारम्भ लोकनिर्माण राज्य मंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय के द्वारा किया गया प्रशासन ने श्रद्दालुओं के लिए सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर चाक चौबन्द व्यवस्था की है अजय प्रताप सिंह आकाशवाणी समाचार चित्रकूट राज्य के सूचना विभाग में एलईडी वैन के वांछित पंजीयन प्रमाण पत्र में हेराफेरी और टैम्परिंग के मामले में छह फर्मो के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में अपर मुख्य सचिव सूचना अवनोश कुमार अवस्थी के निर्देशों के क्रम में इन फर्मो के खिलाफ लखनऊ के थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद फर्मो को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है वायु प्रदूषण को कम करने के लिये राज्य सरकार किसानों द्वारा अपनी फसल के अवशेषों पराली को जलाने के मामलो में काफी गंभीर है और दोषियों के खिलाफ आर्थिक दण्ड तथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने जैसी कड़ी कार्रवाई कर रही है शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले दो दर्जन किसानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है